राष्ट्रपति उप राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री व राज्य सभा में विपक्ष के नेताओं ने शहीदों को श्रदवासमन अर्पित किये कर्मचारी राज्य बीमा निगम के उपर निदेशक ने कहा कि कर्मचारी राज्य निगम योजना को आय्ष्मान भारत योजना में शामिल करने पर चर्चा जारी है

लोकसभा का शीतकालीन सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है

इसके बाद संसदीय मामलो बारे राज्य मंत्री अर्ज्न मेघवाल ने देश में हई द्वष्कर्म की घटनाओं बारे कांग्रेस नेता राहल गांधी दवारा दी गई टिप्पणियों का म्द्दा उठाया जिसे उन्होंने आपत्ति करार दिया उन्होंने राहल गांधी से माफी की मांग की इस मुद्दे पर सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के सदस्य अध्यक्ष के आसन के समक्ष आ गये वहीं कांग्रेस के सदस्यों ने प्रशनकाल करवाने की मांग

अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन के कुशल कामकाज़ के लिए सभी धन्यवाद किया और सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया संसदीय मामलों बारे मंत्री प्रल्हाद जोशी ने संसद के शीतकालीन संत्र को कारगुजारी के पक्ष से एक सर्वश्रेष्ठ सत्र करार दिया है

उन्होंने देश में द्ष्कर्म की घटनाओं पर कांग्रेस नेता राहल गांधी दवारा की गई टिप्पीणियों की निंदा की देशभर में आज वर्ष संसद पर हये आंतकी हमले के शहीदों को याद किया गया जिन्होंने लोकतंत्र के इस सर्वोचच स्थल की रक्षा के लिए अपनी जान क्र्बान की दी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उपराष्ट्रपति एम वैंकेया नायडू प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी राज्यसभा में विपक्ष के नेता ग्लाम नबी आजाद और अन्य कई मंत्रियों एवं सांसदों ने ससद परिसर में शहीदों की तस्वीरों पर श्रदवासुमन अर्पित किये इस अवसर पर शहीदों की याद में एक रक्तदान शिविर लगाया गया

इस लड़ाई में सभी आंतकवादी मारे गये थे और दिल्ली प्लिस के पांच जवान सीआरपीएफ की एक महिला कर्मी और संसदीय स्रक्षा के दो जवान और एक माली शहीद हो गये थे हरियाणा के उप म्ख्यमंत्री द्वष्यंत चौटाला ने कहा है कि सारागढ़ी की वीरगाथा केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षाबोर्ड सीबीएसई के कार्यक्रम में शामिल होनी चाहिए

उनके लिए स्मारक बनवाया जाएगा ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी इस वीरता को जिंदा रखा जा सके

किसान शब्द का शब्द किसी एक जाति या व्यक्ति से नहीं बल्कि इसका अर्थ है कि जो कृषि सम्बधित सभी वयवसायों से जुड़े है इनेलो नेता ने चंडीगढ़ मे मीडिया से बात करते हये कहा कि किसान और खेतीहार मज़दर को ऐसे कमज़ोर करने मे देश की अर्थव्यवसथा पर विपरीत असर पड़ेगा क्योंकि इसका मुख्य आधार खेती ही है उन्होंने कहा कि बेरोज़गारी की समस्या का एक कारण यह भी है कि कृषि को घाटे का सौदा मानकर किसान चौराहे पर खड़ा है जिसकी वजह से य्वा वर्ग दर दर की ठोकरे खा रहा है

उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी जाने वाली हर फस्ल की खरीद पर बंदिश लगा देती है इसकी वजह से जो कृषि उपज वस्त्एं न्यूनतम समर्थन मूल्य पर नहीं खरीदी जाती किसान उनकों कम दामों पर बेचने के लिए मजबूर हो जाता है हरियाणा के ग़ह व स्वास्थ्य मंत्री अनिल ने कहा कि नागरिकता संशोध्न के कानून बनने से बांगलादेश पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आये शरणार्थियों का सामाजिक व आर्थिक क्षेत्रों में विकास होगा वे आज अम्बाला में लोगों की समस्यायें सुनने के बाद मीडिया को सम्बोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि शरणार्थियों का साथ्ज्ञ देना प्रत्येक भारतवासी का सामाजिक दायित्व बनता है इस मौके पर उन्होंने उपस्थित अधिकारियों को लोगों की समस्यायें पहल के आधारपर हल करने के निदेश भी दिये विश्व हिन्दू परिषद ने अयोध्या में राम मंदिर के संदर्भ में दायर प्नविचार याचिकायें खारिज होने पर प्रतिक्रिया व्यक्त की है संगठन के संयुक्त केन्द्रीय सचिव डॉ स्रेन्द्र जैन ने कहा कि राम मंदिर के निर्माण में आखिरी बाधा भी द्रर हो गई है अब जल्द ही राम मंदिर बनेगा और सभी को भव्य कार सेवा का मौका मिलेगा डॉ जैन आज रोहतक में भिवानी स्टैड चौक पर विश्व हिन्द्र परिषद व बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को सम्बोधित कर रहे थे नागरिकता संशोधन विधेयक राज्य सभा में पारित होने पर ख्शी जताई हरियाणा पुलिस ने महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित परियोजनाओं को लागू करने के लिए गृह मंत्रालय दवारा आवंटित किए गए निर्भया फंड के इस्तेमाल में शीर्ष पांच राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अपनी जगह बनाई है

वह आज गुरूग्राम में आयोजित भारतीय उद्योग परिसंघ के उत्तरी क्षेत्र के सम्मेलन को सम्बोधित कर रहे थे

भारतीय राष्ट्रीय कांगेस दवारा कल दिल्ली के रामलीला मैदान में भारत बचाओं रैली की जा रही है हरियाणा प्रदेश कांग्रेस समिति दवारा चंडीगढ में जारी एक प्रेस बयान में प्रदेश महासचिव अजय चौधरी ने कहा कि इस रैली में सरकार की आर्थिक नीतियों के खिलाफ जनमत खड़ा किया जायेगा उन्होंने कहा कि सकल घरेलू उत्पाद की दर लगातार गिर रही है उद्योग बंद हो रहे है बेरोज़गारी बढ़ी है और किसानों फसलों के सही दाम नहीं मिल रहे उन्होंने कहा कि हरियाणा में बेरोज़गारी की दर देश में सबसे अधिक है श्री चौधरी ने दावा किया इस रैली में हरियाणा से बड़ी भागीदारी होगी और ग्रूगाम से बड़ी संख्या में लोग इस रैली में शिरकत करेंगे पंजाब हरियाणा और चंडीगढ़ में आज भी अधिकतर स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा दर्जकी गई यम्नानगर से हमारे संवाददाता ने बताया कि वहां बीती रात से ही तेज बारिश हो रही है इससे पूरा इलाका कड़ाके की ठंड की चपेट में है

प्रदेश में न्यूनत तापमान अभी भी सामान्य से ऊप्र चल रहा है जबकि दिन के तापमान में गिरावट दर्ज की गई है रेवाड़ी से बारिश की दौरान गांव रायप्र में आसमानी बिजली गिरने से एक किसान की मौत होने की खबर मिली है रेवाड़ी और आस पास के इलाकों में हये ओलावृष्टि से किसानों की अधिकांश फसल खराब होने की खबर भी मिली है मौसम विभाग ने आज कल और परसों प्रदेश में कई स्थानों पर घना कोहरा पड़ने और कल तक हल्की से माध्य वर्षा जारी रहने की संभावना जताई है